प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य गारंटी प्रदान की जाएगी

पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सभी को स्वास्थ्य सुक्विाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है समाज की आखरी पक्ति में जो इंसान खड़ा है गरीब से गरीब को इलाज मिले स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसामुंडा की धरती से उठाया जा रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस योजना से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ब्नियादी परिवर्तन आएगा इस स्कीम को हम डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा रूप देख सकते हैं जो डिजिटल इंडिया की दृष्टि से किया जायेगा यह स्कीम पेपरलैस होगी कैशलैस होगी पोर्टेबल होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ किया रांची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा योजना के लामार्थियों को गोल्डेन कार्ड देने के बाद मुख्यमंत्री ने भी पांच लामार्थियों को अपने हाथों से गोल्डेन कार्ड प्रदान किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब किसी भी गरीब की इलाज के अमाव में मौत नही होगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले चरण में एक करोड़ अट्ठारह लाख परिवारों को इस योजना का लाम दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन की प्रदेश सरकार खुद मॉनिटरिंग करेगी इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे लखनऊ में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों किया गया उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह योजना लोगो को न सिर्फ बीमारियों से मुक्ति दिलायेगी बल्कि उनका बजट बिगड़ने से भी रोकेगी प्रदेश के सभी जिलों में भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ किया सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर सेना द्वारा आगामी अट्ठाइस और उनतीस सितम्बर को मध्य कमान के तहत आने वाले महत्वपूर्ण सैन्य स्टेशनों लखनऊ बरेली मेरठ जबलपुर दानापुर रायपुर रांची और भुवनेश्वर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना के जांबाज़ सैनिकों की बहादुरी को दर्शाना है ताकि लोग सेना के प्रति प्रेरित हों भारतीय सेना ने दो साल पहले अट्ठाइस उनतीस सितम्बर की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मौत का मज़ा चखाया था कश्मीर के उड़ी में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के ग्यारह दिन बाद यह सैन्य कार्रवाई एक साहसिक कदम था उड़ी हमले में भारतीय सेना के अट्ठारह जांबाज़ जवान शहीद हो गये थे वस्तु और सेवा कर जी एस टी का भुगतान करने वाले डीलरों के लाभ के लिए नया सरलीकृत जी एस टी रिटर्न फॉर्म छह महीने में उपलब्ध हो जाएगा बेंगलुरु में जी एस टी नेटवर्क के सिलसिले में मंत्री समूह की दसवीं समीक्षा बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इफ़ोसिस से कहा गया है कि वह जी एस टी परिषद की सिफारिश के आधार पर नया फ़ॉर्म तैयार करे इससे जी एस टी रिटर्न दाख़िल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकेगा

इस अवसर पर सुरक्षा के प्रभावी और व्यापक इन्तज़ाम किये गये हैं लखनऊ में गोमती नदी को प्रदृष्टित होने से बचाने और पर्यावरण के मद्देनज़र प्रतिमा का भू विसर्जन किया गया इसके अलावा राजधानी के निकटवर्ती इलाकों में भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गयी तथा विभिन्न नदियों और सरोवरों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया

यह दुर्घटना कल देर रात एत्मादपुर थानान्तर्गत आगरा कानपुर हाई वे पर उस समय हई जब सड़क के बीचोबीच खड़े सांड से एक तेज़ रफ़्तार एम्ब्लेंस टकराने के बाद सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस ड्राइवर ने आगरा आते समय तीन लोगों को सवारी के रूप में बिठा लिया था